शहडोल जिला अस्पताल में बच्चों की मौत के मामले में सीएमएचओ और सिविल सर्जन को हटाया गया

इसके अलावा नमो एप ओपन फोरम या माई जीओवी फोरम पर भी अपने विचार दे सकते हैं

भोपाल में सुदर्शन चक कौर ने द्रोणांचल परिसर में थल सेना दिवस का आयोजन किया इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल योगेन्द्र डिमरी ने युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की यहां अस्त्र शस्त्रों की प्रदर्शनी भी लगाई गई वहीं इंदौर के दषहरा मैदान में आज और कल थल सेना के सैन्य शस्त्रों और उपकरणों का भी प्रदर्षन किया जाएगा इस प्रदर्षनी का अवलोकन आम नागरिक भी कर सकेंगे परीक्षा चर्चा देशभर के विद्यार्थी शिक्षक और माता पिता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं यह चर्चा इस महीने की बीस तारीख को नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित होगी भोपाल की छात्रा मुगाग्क्षी उपाध्याय ने बताया कि वो प्रधानमंत्री से परीक्षा पर सुझावों को लेकर काफी उत्साहित है

न्यायाधीश मनमोहन और संगीता ढींगरा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा निचली अदालत के आदेश में कुछ भी गलत नहीं है उधर दिल्ली सरकार ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से निर्भया दुष्कर्म और हत्या मामले में मृत्युदंड की सजा पाए मुकेश सिंह की दया याचिका को खारिज करने की सिफारिश की है मकर संक्रांति मकर संक्रांति का पर्व आज भी प्रदेश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है होशंगाबाद उज्जैन ओंकारेश्वर सहित विभिन्न स्थानों पर श्रद्वालुओं ने पवित्र नदियों में स्नान किया रायसेन जिले के भोजपुर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किये

साथ ही लोगों को स्वच्छता के साथ ही पॉलिथिन का उपयोग नहीं करने को लेकर जागरूक किया गया मंदसौर सीधी धार मुरैना नीमच सहित प्रदेश के अन्य जिलों से भी मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाये जाने के समाचार मिले हैं

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस घटना को दुखद बताते हुए आज कहा कि इस मामले की पूरी जांच कराई जाएगी उधर शहडोल में अस्पताल के दौरे के बाद स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि जांच पूरी होने पर जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हे दंडित किया जाएगा उन्होंने कहा कि प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में विशेष पैकेज देकर डॉक्टरों की भर्ती की जा रही है उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद राकेश सिंह ने शहडोल जिले में छह बच्चों की मौत पर दुःख व्यक्त किया है

मिशन इंद्रधन्ष सूचना और प्रसारण मंत्रालय के भोपाल स्थित प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो ने आज सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान दू पाइंट जीरो पर एक कार्यशाला का आयोजन किया कार्यशाला में इस अभियान को लेकर प्रचार प्रसार की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया कार्यकम के मुख्य वक्ता बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में उप निदेशक राज शेखर घोष ने बताया कि प्रदेश में टीकाकरण अभियान पर काफी काम हो रहा है

द्वितीय चरण में प्रदेशभर से आये विभिन्न कलाकार समूहों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियों के जरिए इस अभियान को लेकर अपनी तैयारियों से रू ब रू कराया